अब समाचार विस्तार से मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में व्यापक लोकहित में आपराधिक प्रकरणों की वापसी के लिए नयी प्रक्रिया अनुमोदित की गई है अनुमोदित प्रक्रिया अनुसार अब इसके लिये किसी भी आवेदक को राजधानी आने की आवश्यकता नहीं होगी वह अपना आवेदन सीधे संबंधित जिले के जिला दण्डाधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा आपराधिक मामले की वापसी के लिये जिला और राज्य स्तरीय समिति के गठन के साथ ही प्रकरण वापसी की त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए संचालक लोक अभियोजन को संयोजक एवं नोडल एजेंसी घोषित किया गया है मंत्रिपरिषद की बैठक में जय किसान फसल ऋण माफी योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा भी की गई

योजना में पंजीकृत किसानों द्वारा उत्पादकता की सीमा तक सोयाबीन तथा मक्का मण्डियों में विक्रय किये जाने पर बोनस राशि प्रदाय किये जाने का प्रावधान है जिला कलेक्टरों को इस संबंध में निर्देष जारी कर दिये गये हैं

चार दिवसीय इस सत्र में सदन की तीन बैठकें होंगी इस आशय की अधिसूचना आज जारी कर दी गई है

बताया गया है कि लोकसभा चुनाव के बाद आयोजित किये जाने वाले मानसून सत्र में सरकार पूर्ण बजट लायेगी

उन्होंने इस संबंध में राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष को भी पत्र लिखा है चुनाव बैठक लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में आज भोपाल में बैठक आयोजित की गई है जिसमें सभी जिलों के ्कलेक्टर मौजूद रहेंगे संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विकास नरवाल ने बताया कि बैठक में लोकसभा चुनाव से संबंधित आवश्यकताओं का आंकलन और भौतिक उपलिब्धयों पर जिलेवार चर्चा की जायेगी विधानसभा चुनाव के अनुभव भी सांझा किये जायेंगे विभिन्न जिलों के कलेक्टर अपने अनुभव को लेकर अपनी प्रस्तुति देंगे तबादले राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के पांच अधिकारियों और भारतीय पुलिस सेवा के बीस अधिकारियों के तबादले किये हैं इन्दौर संभाग आयुक्त राघवेन्द्र कुमार सिंह को मंत्रालय में सचिव के तौर पर पदस्थ किया गया है पुलिस विभाग के तबादलों में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के चार अधिकारियों के प्रभार बदले गये हैं वहीं इन्दौर पश्चिम के पुलिस अधीक्षक सिद्वार्थ बहुगुणा को पुलिस अधीक्षक खंडवा बनाया गया है कुछ और जिलों के भी पुलिस अधीक्षक बदले हैं मंदसौर हत्या मंदसौर नगरपालिका अध्यक्ष और भाजपा के नेता प्रहलाद बंधवार की कल शाम मंदसौर में गोली मारकर हत्या कर दी गई बाईक सवार एक व्यक्ति ने उनको उस समय गोली मारी जब वे जिला सहकारी बैंक के सामने खड़े हुए थे पुलिस इस सिलसिले में कुछ संदिग्धों से पूछताछ कर रही है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस वारदात पर मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखकर कानून व्यवस्था पर चिंता जाहिर की है श्री चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह आज सुबह मंदर्सोर पहॅचेंगे वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने श्री चौहान के पत्र के जवाब में कहा है कि मंदसौर नगरपालिका अध्यक्ष की हत्या की घटना दूखद और निंदनीय है उन्होंने कहा है कि इस मामले और इन्दौर में कारोबारी की हत्या के मामले के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने के पुलिस प्रशासन को निर्देश दिये गये हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था के पालन को लेकर गंभीर है

लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन आज शाम इन्दौर में इन ट्रेनों का शुभारंभ करेंगी इसके पूर्व श्रीमती महाजन केन्द्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थांवरचंद गेहलोत के साथ मह से हेरीटेज रेलवे लाईन का अवलोकन भी करेंगी खजु्राहो रेल खजुराहो से इन्दौर के बीच एक्सप्रेस ट्रेन फरवरी से शुरू की जायेगी ये ट्रेन सप्ताह में चार दिन चलेगी रेल मंत्री पीयूष गोयल ने केंद्रीय महिला बाल विकास राज्य मंत्री डाक्टर वीरेन्द्र कुमार को पत्र लिखकर ये जानकारी दी है श्री कुमार ने इसके लिए रेलमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा है कि इस रेल सेवा के शुरू होने से जहां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटनस्थल खजुराहो मे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा वहीं बुन्देलखण्ड और मालवा क्षेत्र के लोगों के लिए रेल यातायात और सुगम होगा भाजपा बैठक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों और लोकसभा चुनाव प्रभारियों की बैठक आज भोपाल में आयोजित की जायेगी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह ने बताया कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव प्रदेश प्रभारी एवं उत्तरप्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह सह प्रभारी सतीश उपाध्याय विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे उन्होंने बताया कि प्रभारी स्वतंत्रदेव सिंह आज सुबह भोपाल पहुंचेगे और बैठक से पहले पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे खेल प्रोत्साहन प्रदेश में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को तीन करोड़ रजत पदक विजेताओं को दो करोड़ और कांस्य पदक विजेताओं को एक करोड़ रूपये देने का प्रस्ताव है इसके अलावा प्रतिभागिता पर दस लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी खेल और युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि प्रदेश के खिलाड़ियों को ओलंपिक एशियाई और राष्ट्रकुल खेलों में भागीदारी पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी उन्होंने कल भोपाल में अर्जुन विकम एकलव्य खिलाड़ियों और विश्वामित्र पुरस्कार से सम्मानित प्रशिक्षकों से सीधे संवाद में कहा कि जिस तरह अन्य प्रदेशों में करोड़ों रूपये की सम्मान निधि खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई जाती है उसी तरह प्रदेश में भी खिलाड़ियों को बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि दी जायेगी इसका प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है

पुरूष वर्ग में महाराष्ट्र और महिला वर्ग में दिल्ली विजेता रही केन्द्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री थांवरचंद गेहलोत ने समापन समारोह में पुरस्कार वितरित किये

इसमें उनकी समस्याओं का भी समाधान किया गया